राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्वाजलि दी राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में सांस्कृतिक संबंध परिषद के मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की चित्र का अनावरण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी सभी देशों विशेषकर पडोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर हमेशा बल देते थे उन्होंने वाजपेयी जी के उस कथन को दोहराया कि हम अपने मित्र तो बदल सकते हैं परन्त पड़ोसी नहीं बदल सकते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के प्रति अटल जी की उल्लेखनीय सेवाए हमेशा याद रखी जाएगी गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री वाजयेपी राष्ट्रमक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अटल जी आने वाले वर्षों में सबकी प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि दी उन्होंने लखनऊ में लोकभवन प्रांगण में श्री वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की नेशनल कैडेट कोर एनसीसी ने सीमावर्ती और तटीय एक सौ तिहत्तर जिलों में प्रमुख रूप से अपने विस्तार की पूरी तैयारी कर ली है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमावर्ती और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पुरा करने के लिए एनसीसी विस्तार योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पन्द्रह अगस्त को राष्ट्र को संबोधन में इस योजना के प्रस्ताव की घोषणा की थी एक सौ तिहत्तर सीमावर्ती और तटीय जिलों में एक लाख कैडेटों को एनसीसी में शामिल किया जाएगा इनमें एक तिहाई कैडेट लडकियां होंगी हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि तटीय और सीमावर्ती जिलों के उन एक हजार से अधिक स्कूलों और कॉलेजों की पहचान की गई है जहां एनसीसी की गतिविधियां शुरू की जाएंगी भारत लगातार विश्व के ऐसे देशों में बना हुआ है जहां कोविड महामारी से मृतकों की संख्या सबसे कम है देश में इस समय कोविड मृत्यु दर एक दशमलव नौ तीन प्रतिशत है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका में इस महामारी से मृतकों की से से से से पिछले तेईस दिनों में पचास हजार पार कर गयी है ब्राजील में पंचानबे और मैक्सिको में एक सौ इकतालिस दिन में पचास हजार लोगों की मौत हयी है जबकि भारत में एक सौ छप्पन दिन में इतने ही लोगों ने जान गंवाई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान तिरपन हजार से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए है अब तक अट्ठारह लाख बासठ हजार दो सौ अट्ठावन मरीज ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर इकहत्तर दशमलव छह एक प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान तिरसठ हजार चार सौ नवासी लोग संक्रमित हए इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या पचीस लाख नवासी हजार छह सौ बयासी हो गई है इनमें से छह लाख सतहत्तर हजार चार सौ चौवालिस मरीजों का इस समय इलाज चल रहा है पिछले एक दिन में नौ सौ चौवालिस लोगों की मृत्यू हो गई अब तक इस महामारी से उन्वास हजार नौ सौ अस्सी लोगों की मौते हई है प्रदेश में पिछले क्छ दिनों से हो रही वर्षा तथा नेपाल सहित ऊंचे इलाकों से आने वाले पानी के कारण बहत से इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है राज्य के आपदा राहत विमाग ने बताया कि पन्द्रह जिलों के छह सौ पांच गांव बाढ से प्रभावित हैं और तीन सौ इक्यानवे गांव जलमग्न हो गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इन जिलों के जिलाधिकारियों मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और बाढ से संबंधित अन्य विमागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बात की और बचाव तथा राहत कायों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रॅसिग के माध्यम से बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील और अंसवेदशील जनपदों के जिला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान बाढ़ प्रमावित लोगों को नुकसान के लिए चौबीस घंटे के भीतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने प्राकृतिक आपदा से त्रस्त परिवारों को राशन किट वितरित करने के भी निर्देश दिए उन्होंने बाढ़ प्रमावित क्षेत्रों में मेडीकल टीनों को नियमित प्रमण करने के मी निर्देश दिए श्री योगी ने कहा कि जिन लोगों के मकान बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाएं एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ